्म मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कठोर कदम उठाने के दिए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आहवान किया है ताकि उन लोगों का विश्वास भी जीता जा सके जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया उन्होंने कहा कि देश और देश हित सर्वोपरि है कल नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऐसी राजनीति करने का अनुरोध किया जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे ऐसा व्यवहार रखें जो सबका दिल जीत सके

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के नजरिये से ये कदम उठाया गया है प्रशासन ने कहा कि राज्य में रैलियों पर रोक लगा दी गई है साथ ही मोबाईल इंटरनेट बंद कर दिये गये है आज से राज्य में सभी स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है गौरतलब है कि कल श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दल्ला के घर पर महब्बा मुफ्ती और स्थानीय दलों के नेताओं की बैठक हुई थी पूरे विपक्ष ने एक स्वर में केन्द्र सरकार की कार्यवाहियों का विरोध जताया है

पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है कार्यकारिणी पार्टी के मामलों में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च समूह है

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल इस बुधवार से प्रदेश से लगती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलायेगा

हालांकि बीएसएफ पूरे साल तारबंदी पर मुस्तैद रहती है लेकिन इन दिनों निगरानी और कडी की जायेगी ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सारा मैनपावर बोर्डर पर तैनात रहेगा

यह तस्वीरें पृथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती हैं राज्य के सभी जिलों में मेंटल हैल्थ केयर बोर्ड स्थापित किये जायेंगे चिकित्सा निदेशालय इन बोर्डो की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर मेंटल हैल्थ केयर अथोरिटी गठित करेगा निदेशालय ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिये है कि वे अपने जिले में विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर इलाज करा रहे मानसिक रोगियों की सुची उपलब्ध कराये बोर्ड के गठन के बाद जिलों में चलने वाले सभी मेंटल हैल्थ क्लिनिकों का पंजीयन इसी के माध्यम से किया जायेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसे कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए है कल जयपुर में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस अपनी छवि को बदलते हुए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनने का लक्ष्य बनायें श्री गहलोत ने कहा कि तकनीक और नए र्तोर तरीकों को अपनाकर पुलिस अधिकारी अपनी कार्य कुशलता बढ़ाएं

मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बाहर निकलवा कर आगे की कार्यवाही शुरू की बांसवाड़ा के ही कशलगढ़ के निशनावट सड़क मार्ग पर कल देर शाम मोटरसाईकिल सवार पंचायत सहायक की टेपो से भिड़ंत हो जाने से मौके पर ही मौत हो गई चित्तौड़गढ के पारसोली में कल झरिया महादेव के झरने में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई गंगरार स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुछ छात्र कल पिकनिक मनाने झरिया महादेव गए थे जहां सभी झरने के नीचे नहा रहे थे इसी दौरान दो छात्र फिसलकर नीचे कुंड में जा गिरे कुंड में करीब चालीस फीट पानी होने और झरने के तेज बहाव से वे पानी में डूब गए बाडमेर जिले में पायलाकला गांव के पास जीप और ट्रेलर की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाडा रेल्वे स्टेशन पर रेलगाडी की चपेट में आने से एक युवक की मौत के समाचार है प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा है कि अब स्कूली बच्चों का बस्तो का बोझ कम किया जायेगा सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है

उन्होंने कहा कि इसके लिये सिलेबस को कम करते हुए पुस्तकों की साइज छोटी की जायेगी

पुलिस मामले की जांच कर रही है बांसवाडा जिले में कल भी तेज बारिश का दौर जारी रहा केवल तीन घंटें में ही दो इंच बारिश हुई जिससे कई कॉलोनियों में घरों में पानी घुस गया

टोंक में भी कल हल्की बारिश हुई जिससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी रही